प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये मंजूरी दी गई

इससे किसानों को अपनी फसल का बेहतर दाम मिल सकेगा श्री तोमर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए लघु अवधि ऋण चुकाने की तारीख अगस्त तक बढ़ा दी है सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कैबिनेट ने संकट में फंसे एमएसएमई की सहायता के लिए बीस हजार करोड़ रुपये के आपात कोष को भी मंजूरी दी है

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया है कि बिना जमानत के ऋण मंजूर करने के पहले दिन दूसरी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले तीन हजार से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई को ये ऋण मंजूर किये गये एमएसएमई को अपने कर्मचारियों को वेतन देने किराए का भुगतान करने और कच्चे माल का भंडार बनाने में मदद मिलेगी

पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव श्रेया गुहा ने बताया कि पर्यटन स्थल फिलहाल मंगलवार गुरुवार शनिवार और रविवार को खुले रहेंगे पहले सप्ताह कोई शुल्क नहीं लगेगा वहीं दूसरे सप्ताह में भी प्रवेश शुल्क में रियायत दी जायेगी कोरोना संक्रमण के मद्देनजर निश्चित संख्या में ही पर्यटकों को प्रवेश दिया जायेगा अलवर से हमारे संवाददाता ने बताया कि पर्यटकों के लिए आज से म्यूजियम को खोल दिया गया है वहीं लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने और लोगों को पर्यटन से जोड़ने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया कोरोना के संक्रमण को देखते हुए म्यूजियम में एक बार में पांच लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है

वहीं आगामी दिनों में इनका प्रकोप और बढ़ सकता है टिड्डी नियंत्रण को लेकर अतिरिक्त जिला कलक्टर बीरबलसिंह ने कीट वैज्ञानिक कीटविज्ञान से जुडे शिक्षाविदों कृषि पशुपालन और जिला प्रशासन के अधिकारियो के साथ बैठक की

आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने को लेकर कार्यक्रम जारी किया है

इससे पहले इन निकायो में चुनाव कराए जाने है

जुलाई से सितम्बर के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा के दूसरे अनुमान के बारे में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव डॉक्टर एम राजीवन ने कहा कि अच्छे मानसून के लिए स्थिति ज्यादा अनुकूल हो रही है

डॉक्टर राजीवन ने कहा कि देश में मानसून की वर्षा का वितरण भी अच्छा रहने का अनुमान है

मौसम विभाग ने बताया कि अरब सागर में बन रहे चक्रवात के कारण प्रदेश में भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है उधर राज्य में कल कई स्थानों पर तेज आंधी चलने के साथ ही बारिश के साथ ओले गिरे राजधानी जयपुर में शाम तेज आंधी के बाद बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली वहीं सीकर जिले में कई स्थानों पर तेज बारिश होने से सड़क और रेल की पटरियों पर पानी भर गया